केन्द्र ने जम्मू कश्मीर के दो संघीय प्रदेशों के विभागत की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने इंडियन नैशनल लोकदल के पांच विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है

केन्द्रीय महिला बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि भाजपा भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्व है उन्होंने कहा कि देश में अवैध प्रवेश को संविधान और कानूनों की मद से निपटाया जायेगा

मंत्री ने बाल तस्करी से निपटने और जूट उद्योग के विकास के लिए उठाये गये कदमों पर भी प्रकाश डाला केन्द्र ने जम्मू कश्मीर के दो संघ शासित प्रदेशों के विभाजन की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है

पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने सेवानिवृत आई ए एस अधिकारी अरूण गोयल और सेवा निवृत भारतीय नागरिक लेखा सेवा के अधिकारी गिरीराज प्रसादगुप्ता सदस्य होंगे

उन्होंने बताया कि गलियों की हालत सुधारने जल निकासी यातायात प्रणाली में सुधार तथा युवाओं के कौशल विकास सहित अन्य कार्यो पर यह धनराशि योजनाबद्व तरीके से खर्च की जायेगी हरियाणा के लोकनिर्माण मंडी राव नरबीर सिंह ने कहा है कि राज्य के विभागीय भवनों के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों समुदायिक केन्द्रों तथा विद्यालयों के भवनों को न्या ल्क देने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा और भवनों का रंग रोगन अलग रखा जायेगा ताकि आम जन को पता लग सके कि स्वास्थ्य केन्द्र किस स्तर का है चंडीगढ़ से जारी वक्तव्य में राव नरबीर ने कहा कि गत चार सालों में अग्रिम लक्ष्य निर्धारित करते हये सड़क तंत्र को सुदृड़ किया गया है

उन्होंने टोहाना के रतिया रोड पर पांच किलोमीटर लंबे बाईपास की भूमि पूजन भी किया जिसके निर्माण पर अट्ठावन करोड़ रूपये खर्च होंगे इसके उपरान्त विधायक ने बलियाला विश्राम गृह मे करोड़ो रूपये की विकास परियोजनाओं का उदघाटन व शिलान्यास करने के अपने सम्बोधन मे कहा कि टोहाना के सौन्द्रीयकरण के साथ साथ उन्होंने हलके के किसानों को सिंचाई का पानी पर्याप्त मात्रा में मिलने वाले बड़े प्रोजेक्ट बारे भी बताया उन्होंने नगर परिषद के सवा करोड़ रूपये के विभिन्न कार्यो का शिलान्यास भी किया हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गूर्जर ने इंडियन नैशनल लोकदल के पांच विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है इनके खिलाफ दलबदल कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी इन विधायको के नाम है नैना चौटाला राजदीप फौगाट अनूप धानक पिरथी नंबरदार और नसीम अहमद अध्यक्ष ने नसीम अहमद के सुनवाई के लिए न पहंचने पर एक्स पार्टी मानते हये उनको अयोग्य करार दिया है

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने आज रोहतक में पार्टी कार्यालय में इसकी घोषणा की

बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बी एल संतोष और प्रदेश प्रभारी अनिल जैन भी उपस्थित रहेंगे पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तय की जायेगी

श्री प्रसाद आज वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये सभी जिलों में परिवार समृद्वि योजना की प्रगति की समीक्षा की रहे थे उन्होंने बताया कि योजना के तहत बीपीएल सूची में शामिल सभी परिवारों के साथ एक लाख अस्सी हजार रूपये की सलाना आमदनी व दो ठेके पर भूमि वाले परिवारों का पंजीकरण किया जा रहा है

हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डा एस बी कम्बोज ने ओरल हैल्थ जागरूकता मुहिम को लेकर की जा रही स्वास्थ्य विभाग की रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया

इसी कड़ी में आज आज पलवल के नागरिक अस्पताल में निजी अस्पतालों के चिकित्सों को दात व मुंह की बीमारियों बारे जागरूक किया गया चिकित्सकों को मुंह के कैंसर व तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के श्रूआती लक्षणों की भी जानकारी दी गई हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव ने कहा है कि अखिल भारतीय जे पी अत्रे टूर्नामेंट देश भ्जी में खेल संस्कृति विशेषकर क्रिकेट को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है

आज देश भर में मुहर्रम श्रद्वापूर्वक मनाया गया ये दिन सत्य और न्याय की रक्षा के लिए करबला में पैगम्बर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है इस अवसर पर ताजिए निकाले गये और मजलिसों का आयोजन किया गया

पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान पटियाला के बिशन नगर निवासी अजय कुमार के रूप में हई है